इस बैठक में कोरोना की ताजा रिथिति की समीक्षा सहित आगामी रणनीति पर विचार किया जाएगा समझा जाता है कि बैठक में कोरोना कफर्यू को आगे बढ़ाने और नई बंदिशों को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है

बैठक में कोविड टीकाकरण अभियान को लेकर भी चर्चा की जाएगी इसके अलावा बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं सेवा ही संगठन कोरोना महामारी को लेकर भाजपा के सेवा ही संगठन फेज दो अभियान की समीक्षा बैठक कल वर्च्यअली आयोजित हुई बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने भाग लिया बैठक को संबोधित करते हुए सुरेश कश्यप ने सभी जिला अध्यक्षों से कोरोना की स्थिति की फीडबैक ली उन्होंने कहा कि कोरोना के हालात को लेकर पार्टी हररोज प्रत्येक मंडल से संवाद करेगी

उन्होंने भाजपा विधायकों व कार्यकर्ताओं से आहवान किया है कि वे कोरोना संक्रमण से किसी मरीज की मृत्यू होने पर उसके अंतिम संस्कार में हर संभव मददे करें

प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति व विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष रवि मलिमथ की अध्यक्षता में हुई हाईपावर कमेटी की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया

हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संकमण के मामलों में लगातार वृद्धि जारी है

बिजली बिल सुविधा राज्य विद्युत बोर्ड ने कोविड के इस दौर में अपने उपभोक्ताओं को एक सुविधा देते हुए ट्रस्ट आधारित बिलिंग की शुरूआत की है

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अपने मीटर की रीडिंग देखकर उसे विद्युत बोर्ड की आधिकारिक वैबसाइट पर दर्ज कर अपना विद्युत बिल पा सकते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों पर समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल की आज होने वाली बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचल प्रदेश में बंदिशों की अवधि बढ़ाने पर निर्णय आज

दिव्य हिमाचल लिखता है कोरोना कफर्यू बढ़ाने पर फैसला आज मुख्यमंत्री पर पाबंदियां घटाने का दबाव दैनिक भास्कर का शीर्षक है प्रदेश सरकार एक सप्ताह और बढ़ा सकती है कोरोना कफर्यू हिमाचल दस्तक का कहना है कुछ बंदिशों में बदलाव भी कर सकती है प्रदेश सरकार

कांगड़ा जिला में शव कंधे पर उठाकर ले जाने के मामले में पंजाब केसरी ने मृतका के बेटे के हवाले से सुर्खी दी है लोग देखकर दरवाजे बंद कर रहे थे और डॉक्टरों ने कहा कि न हमारे पास बैड न ऑक्सीजन आप देख लो क्या करना वहीं अमर उजाला के शब्द हैं कोरोना मृतकों की संस्कार व्यवस्था देखेंगे विधायक दिव्य हिमाचल का कहना है संकमितों के अंतिम संस्कार में सहायता करेगी सरकार

दैनिक जागरण की एक खबर है बद्दी में पैनेशिया बायोटेक कंपनी शुरू करेगी कोवैक्सीन का उत्पादन

दैनिक जागरण ने खबर दी है पेंपा सेरिंग बने निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री